झारखंड में कोरोना के मरीजों की रिकवरी रेट नब्बे प्रतिषत से अधिक हुई

श्री वी के पॉल ने कहा कि लॉकडाउन तैयारी करने में काफी मददगार साबित हआ

आज को जमशेदपुर के तीन संदिग्धों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है बताया जा रहा है कि तीनों सीधे किसी के संपर्क में नहीं आए हैं तीनों प्रवासी बताए जा रहे हैं उन्हें एहतियात के तौर पर क्वारैंटाइन सेंटर में रखा गया था जहां से उनका सैंपल जांच के लिए एमजीएम भेजा गया था

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नलिन कोहली को बताया कि सरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ऑटोमेटिक रूट के जरिये ऋण वितरित करने के निर्देश दिया हैं उन्होंने कहा कि योजना के तहत घोषणाओं का उद्देश्य देशभर में बाधामुक्त आर्थिक गतिविधियों के लिए मजबूत आधार तैयार करना है उन्होंने कहा कि बहप्रतीक्षित आर्थिक सुधारों पर भी इन घोषणाओं में जोर दिया गया हैं

इस मशीन का उपयोग गर्भवती महिलाएं और हाई रिस्क मरीज की त्वरित रिपोर्ट के लिए किया जाएगा पलामू सिविल सर्जन डॉ जॉन एफ कैनेडी ने बताया कि लैब टेक्नीशियन को संक्रमण का खतरा बिल्क्ल भी नहीं रहेगा इसके लिए दो कर्मियों को रांची भेजकर विशेष प्रशिक्षण दिया गया है

इस मशीन से जांच के बाद कल एक गर्भवती महिला को गोड्डा हॉस्पिटल में कोरोना का संदिग्ध रोगी माना गया और उसका सैंपल लेकर धनबाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा गया गोड्डा हॉस्पिटल को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया था

साहिबगंज जिले में लॉकडाउन के दौरान दसरे प्रदेषों से आने वाले श्रमिकों को मनरेगा से निबंधित किया जा रहा है होम कोरेंटाइन पूरी करने के बाद उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास चल रहा है

लॉकडाउन के समय राष्ट्रीय राजमार्ग तैंतीस पर कई स्थानों में वे राहगीरों को खाना खिला रहे हैं

श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं

सरकार ने आयुष कार्यालय गुमला द्वारा तैयार किया गया आयुर्वेदिक इम्यूनिटी ब्रस्टर काढ़ा कोरेंटाईन सेंटर में रह रहे लोगों को देने का फैसला लिया है जैसा कि आपकों मालूम हो राज्य के बाहर से काफी संख्या में प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं मजदूरों को पहले कोरेंटाईन सेंटर में रखकर उनके स्वास्थ्य जांच समेत अन्य सुविधाओं का खास ख्याल रखा जा रहा है

कई लोग गिरिडीह चले गए हैं इसकी सूचना वहां के अधिकारियों को दी गई है हजारीबाग जिले में जितने लोग संपर्क में आए हैं उन्हें भी खोजा जा रहा है एक दो दिन में संक्रमितों के संपर्कों को तलाशने का काम पूरा हो सकेगा

भारतीय रेल विभाग ने अगले दस दिन के दौरान देशभर में दो हजार छह सौ और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया है

रेल विभाग ने लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों तीर्थयात्रियों पर्यटकों छात्रों और अन्य लोगों के लिए एक मई से श्रमिक विशेष रेलगाडियां शुरू की थीं ये रेलगाडियां दो राज्यों की सहमति के बाद एक शहर से दूसरे शहर तक चलाई जा रही हैं रेल विभाग और राज्य सरकारों ने इन श्रमिक विशेष रेलगाडियों के सुचारू संचालन और समन्वय के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है

इधर ईद की तैयारियों को देखते हुए उपायुक्त डॉ भुवनेश प्रताप सिंह पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने भी आज हजारीबाग के कई स्थानों पर निरीक्षण किया

समाप्त